मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज शिमला में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए मिल्कफैड के उत्पाद हिम हल्दी दूध का शुभारम्भ किया उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत मंडी शिमला व कुल्लू ज़िले के दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि वितरित की और उनसे बातचीत भी की मुख्यमंत्री ने बताया कि हिम हल्दी दूध पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है जिसका पेटेंट करवाया गया है उन्होंने कहा कि इसमें रोग प्रतिरोधक तत्व मौजूद है और लोगों के बीच ये काफी लोकप्रिय होगा

उन्होंने हिम हल्दी दूध तैयार करने के लिए मिल्कफैड के प्रयासों को सराहा

इनमें से एक लाख लोगों को कर्ज भी मंजूर कर दिए गए हैं इस योजना को लेकर रेहडी और फड़ी विक्रेताओं में बहत उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि उन्हें कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के बाद अपना व्यवसाय फिर शुरू करने के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्धं कराए जा रहे हैं इस योजना के अंतर्गत एक वर्ष के लिए दस हजार रूपये का कर्ज बिना किसी जमानत के दिया जा रहा है इसके अलावा इन लोगों को कर्ज का नियमित भुगतान करने पर ब्याज में सात प्रतिशत वार्षिक की दर से सब्सिडी भी दी जाएगी डिजिटल लेनदेन करने वालों को एक हजार दो सौ रूपये का कैश बैक मिलेगा यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत आवासन और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है इस योजना में गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और लघ् वित्तीय संस्थानों को कर्ज देने वाले संगठन के रूप में निर्धारित किया गया है

शिमला से आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मंडी जिले के सिराज विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष संकट की घड़ी में गरीबों के लिए वरदान साबित हुआ है उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों व कमजोर वर्गो के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं

युवा दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है यह दिवस युवाओं की आवाज उनके कार्य और पहल को पहचान दिलाने का अवसर उपलब्ध कराता है इस वर्ष का विषय है वैश्विक गतिविधियों में युवाओं की प्रतिबद्धता उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने युवाओं से भी जाति और लिंग भेद जैसी कई सामाजिक क्रीतियां खत्म करने के लिए आगे आने की अपील की है सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह दिन युवाओं की प्रतिबद्धता और भागीदारी सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता पैदा करने का अवसर प्रदान करता है जन्माष्टमी प्रदेश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया लोगों ने आज सुबह भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के बाद उपवास तोड़ा कोरोना महामारी को लेकर इस बार लोगों को मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी ऐसे में लोगों ने घर पर ही विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान श्री कृष्ण से सभी की ख्शहाली की कामना की सोलन सहित प्रदेश के अन्य भागों में भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में पूजारियों ने पूजा अर्चना की और कृष्ण जन्मोत्सव पर बधाई गीत गाए इसके अलावा लोगों ने भगवान श्री कृष्ण से कोरोना महामारी के खात्मे के लिए भी प्रार्थना की मणिमहेश श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ ही चंबा ज़िले की विश्व विख्यात मणिमहेश यात्रा शुरू हो गई है कोरोना महामारी के चलते श्रद्दालुओं को यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं है

आज से शुरू हुई पवित्र मणिमहेश यात्रा राधाअष्टमी के दिन डल झील में शाही स्नान के साथ सम्पन होगी चंबा के उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए पहले की भांति यात्रा का आयोजन नहीं होगा लेकिन साध् संतों की छड़ी यात्रा परम्परा अनुसार होगी

कोरोना मौत इस बीच आज शाम सिरमौर ज़िले में कोरोना संक्रमण से डेढ़ महीने के बच्चे की मौत हो गई इस बच्चे को नाहन मैडिकल कॉलेज से पीजीआई चंडीगढ़ रैफर किया गया था जहां इसकी मौत हो गई हमारे सिरमौर संवाददाता शैलेंद्र कालरा ने बताया है कि मौत के बाद इस बच्चे का कोरोना टैस्ट किया गया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है

पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में इन खबरों को बेबुनियाद बताया है जनारथा कांग्रेस नेता व शिमला नगर निगम के पूर्व उप महापोर हरीश जनारथा ने नगर निगम शिमला में यलो लाईन पार्किंग को ठेके पर देने के निर्णय को तुरंत वापिस लेने की मांग की है शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि ये निर्णय जनता विरोधी है और पहुंच वाले लोगों को ही गाड़ियां पार्क करने की अनुमति मिल रही है हथकरघा राज्य हथरकघा व हस्तशिल्प निगम के उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने आज कुल्लू जिले के हथरकघा गांव शरण का दौरा किया और लोगों से बातचीत की उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा इस गांव को हथकरघा गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है जिससे पारम्परिक बुनकरों की छ्पी प्रतिभा द्निया के सामने आएगी

उन्होंने नदी के आसपास रह रहे लोगों से एहतियात बरतने और नदी के समीप न जाने की अपील की है बाढ़ किन्नौर जिले में पूह उपमंडल के स्कीबा नाला में बीती रात भारी वर्षा के बाद बाढ़ आने से सम्पति को नुकसान हुआ है स्कीबा को रिसपा से जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो गया है और आकपा से पूह की ओर भारी वाहनों की आवाजाही अवरूद्व हो गई है लोगों ने सरकार से क्षतिग्रस्त पुल की जल्द मुरम्मत का आग्रह किया है

मौसम विभाग ने अगले तीन चार दिन वर्षा का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है जबकि आज राज्य के निचले व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी दी है